डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों विभागों और कार्यालयों को भी गृह मंत्रालय और डीओपीटी से जारी निर्देशों का अन्पालन स्निश्चित करने का निर्देश दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चार जून को कार्यस्थलों पर एहतियाती उपायों के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी दिशा निर्देशों के अन्सार लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जहां तक संभव हो कम से कम छह फ्ट की द्री बनाए रखनी होगी मास्क लगाना या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा साब्न से बार बार हाथ धोने होंगे और अलकोहल य्क्त सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा श्वास संबंधी स्वच्छता नियमों का भी ध्यान रखना होगा सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेत् एप डाउनलोड कर इसका उपयोग करना होगा

राज्य ने मार्च दो हजार तेईस तक सभी घरों में सौ प्रतिशत नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था केंद्र सरकार ने दो हजार बीस इक्कीस में जल जीवन मिशन जे जे एम के तहत राज्य के लिए दो सौ पच्चपन करोड़ रुपए मंजूर किए राज्यों को प्रदर्शन योग्य अन्दान के रुप में मूर्त आउटफुट यानि घरेलू नल कनेक्शन और वित्तीय प्रगति के संदर्भ में उनकी उपलब्धि के आधार पर अतिरिक्त धन दिया जाता है क्ल दो लाख अट्टारह हजार ग्रामीण परिवारों में से राज्य दो हजार इक्कीस में सत्तर हजार नल कनेक्शन देने की योजना बना रहा है योजना बनाते समय महत्वाकांक्षी जिले में घरो को कवर करना ग्णवत्ता से प्रभावित बंस्तियों संसद आदर्श ग्रामीण योजना गांवो आदि को प्राथमिकता के आधार पर जोर दिया जाता है

संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही के संबंध में एक विशिष्ट ख्फिया सूचना के आधार पर अरुणाचल पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में भारतीय सेना के जवानों ने देवमाली अंचल से चौवालीस वर्षीय एन एस सी एन आई एम कैडर को गिरफ्तार किया

आधिकारिक विज्ञप्ति के अन्सार एन एस सी एन आई एम कैडर को आगे की जांच के लिए देवमाली प्लिस स्टेशन को सौंप दिया गया है

गैर सरकारी संगठनों ने अपील करते हए कहा कि समाज से बहिष्कृत या किसी के ऊपर लांछान लगाने के बजाय हमें सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए बाहर निकलते समय मास्क पहनना साब्न से बार बार हाथ धोना और अल्कोहल य्क्त सैनिटाइजर का उपयोग कर इस बीमारी के प्रसार से बचने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए

उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत केन्द्र ने यह फैसला किया है कि आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों फंसे हए लोगों और जरूरतमंद लोगों को आठ लाख टन अनाज दिया जाएगा ये सभी ऐसे लाभार्थी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य स्रक्षा कार्यक्रम अथवा राज्यों की पीडीएस कार्ड स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं सरकार ने एक करोड़ छ्यानवें लाख प्रवासी परिवारों के लिए उनचालीस हजार टन दालें भी मंजूर की है राष्ट्रीय खादय स्रक्षा कार्यक्रम अथवा राज्यों की पीडीएस कार्ड स्कीम के अंतर्गत कवर न होने वाले प्रवासी श्रमिकों फंसे हुए लोगों और जरूरतमंद परिवारों को मई और जून महीने के लिए प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल दी जाएगी